वे चौरासी वर्ष के थे श्री मुखर्जी की हालत फेफड़े के संक्रमण के कारण कल ज्यादा बिगड गई थी उन्हें बीते दस अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी प्रणब मुखर्जी भारत के तेरहवें राष्ट्रपति चुने गए थे वे पच्चीस जुलाई दो हजार बारह से पच्चीस जुलाई दो हजार सत्रह तक इस पद पर रहे छब्बीस जनवरी दो हजार उन्नीस को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने श्री मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री मुखर्जी ने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में लोगों के साथ जुड़ने और राष्ट्रपति भवन से लोगों की निकटता बढ़ाने के सजग प्रयास किए उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार जनता के लिए खोल दिए राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का प्रचलन समाप्त करने का उनका निर्णय ऐतिहासिक है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री प्रणब मुखर्जी ने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर अमिट छाप छोड़ी है वे एक उत्कृष्ट विद्वान और महान राजनेता थे उन्हें राजनीतिक सीमाओं से परे तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसा और सराहना हासिल हुई सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री प्रणब मुखर्जी प्रज्ञावान और कार्यक्षमता के धनी थे कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुरक्षाकर्मी और वाहन चालक के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद गृह मंत्री सात दिनों के लिए आइसोलेशन पर चले गए हैं वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया है विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निज सचिव सन्मुख राव की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है इस बीच जनसंपर्क आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है उधर दुर्ग जिले में आज साठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें एक ही परिवार के दस सदस्य शामिल हैं इस बीच खुर्सीपार थाना के छह पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इनमें एक उप निरीक्षक दो सहायक उप निरीक्षक एक प्रधान आरक्षक और दो आरक्षक शामिल है थाना प्रभारी सुरेश ध्रव ने बताया कि थाना परिसर को सैनिटाईज करने के बाद सील कर दिया गया है अस्थायी तौर पर थाना परिसर में ही टेन्ट लगाकर थाने का संचालन किया जा रहा है इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में इकतीस नये कोरोना मरीज मिले हैं वहीं बलौदा थाने के आरक्षक और उनके परिवार के तीन सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद थाने को सील कर दिया गया है अब इस थाने का संचालन पंतोरा थाने से किया जाएगा जिले में कोरोना संक्रमण से एक महिला की मौत हो गई है इधर बस्तर जिले में आज बीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान की गई है इनमें अट्ठारह लोग जगदलपुर शहर से हैं उधर कबीरधाम जिले में सात नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं

पार्टी ने ऑक्सीमीटर के जरिये लोगों की ऑक्सीजन लेवल की जांच करने का निर्णय लिया है राजनांदगांव में कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी की मौजूदगी में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को ऑक्सीमीटर बांटा गया कार्यकर्ता गांवों में जाकर ऑक्सीमीटर के जरिये लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच करेंगे पोषण अभियान प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरूआत कल एक सितंबर से की जाएगी वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय पोषण माह को डिजिटल जनआंदोलन के रूप में मनाया जाएगा इस दौरान कुपोषण के प्रति जन जागरूकता के लिए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा यह अभियान आगामी तीस सितंबर तक चलेगा गौरतलब है कि कुपोषण के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष दो हजार अट्ठारह से देशव्यापी पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है भगत मुआवजा प्रदेश में बारिश और बाढ़ की वजह से गौठानों को हुई क्षति और हितग्राहियों के गोबर के नुकसान का आंकलन कर राज्य सरकार प्रभावितों को मुआवजा देगी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने बारिश बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पंजाब और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक जुलियो रिबैरो ने कोरोना संक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के कामकाज की तारीफ की है उन्होंने कहा कि पुलिस ने बिना बल प्रयोग किए ही लॉकडाउन को सफल बनाया जो यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास का रिश्ता कायम है श्री रिबैरो एक वेबीनार में लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस विषय पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय पुलिस को कॉमनसेंस से भी काम करना चाहिए छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक और पुलिस ने इसका बेहतरीन परिचय दिया है वेबीनार को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने असाधारण काम किया है सैनिक सम्मेलन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ छत्तीसगढ़ में आज अपना ग्यारहवां स्थापना दिवस मना रहा है इस अवसर पर भिलाई में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया इस सम्मेलन में बीएसएफ के महानिरीक्षक जेएसएनडी प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कार्यक्रम में उन्होंने उत्कृष्ट कार्यो के लिए अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए महानिरीक्षक श्री प्रसाद ने कहा कि बीएसएफ को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तैनात किया गया है अब तक बीएसएफ ने कांकेर जिले में सक्रिय लगभग सौ माओवादियों का आत्मसमर्पण कराया है वहीं बीएसएफ के साथ मुठभेड़ में नौ माओवादी मारे गए हैं इसके अलावा बीएसएफ के जवानों ने तीन सौ अटहत्तर से अधिक आईईडी बरामद कर सुरक्षा बलों और आम जनता को नुकसान पहंचने से बचाया है श्री प्रसाद ने बताया कि बीएसएफ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहा है बीएसएफ गांवों को गोद लेने के साथ ही वहां मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत रोजगार प्रशिक्षण देने जैसे काम भी बखूबी कर रहा है

उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की जीवनशैली पूरी तरह राममय है जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में भगवान श्रीराम का प्रभाव है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता है इस संगोष्ठी का आयोजन गुरू घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या उत्तरप्रदेश शासन और सेंटर फॉर स्टडीज ऑन होलिस्टिक डेव्हल्पमेंट रायपुर के तत्वावधान में किया गया माओवादी मुठभेड़ धमतरी जिले में बीती रात सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है मौके से मृत माओवादी के शव के अलावा एक हथियार भी बरामद किया गया है मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात नगरी थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान गरियाबंद जिले की सीमा से लगे घोरागांव के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया बाद में माओवादी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले एएसआई हत्या बीजापुर जिले के कुटरू थाने में पदस्थ एएसआई की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है अपहरण के करीब दस घंटे बाद एएसआई का शव कुटरू बीजापुर मार्ग पर केतुलनार के पास सड़क पर मिला है मिली जानकारी के मुताबिक एएसआई नागैय्या कोरसा कल दोपहर छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे लेकिन घर पहुंचने के पहले ही वे लापता हो गए परिजनों द्वारा खोजबीन किए जाने पर उनकी मोटरसाइकिल ग्राम मंगापेटा के पास मिली तभी से यह आशंका जताई जा रही थी कि एएसआई का अपहरण हो गया है आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कल से लापता एएसआई का शव बरामद कर लिया गया है कल जहां पर उनकी मोटरसाइकिल मिली थी उससे करीब दो किलोमीटर दूर उनका शव मिला है आईजी ने बताया कि एएसआई की हत्या टंगिया मारकर की गई है पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशन मुंगेली जिले के मदकृद्वीप क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ में फंसे लगभग अस्सी लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरिक्षत बाहर निकाल लिया है मिली जानकारी के मुताबिक मदकूद्वीप के पुजारी के साथ उनके परिवार के छह सदस्यों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से बच्चों और महिलाओं सहित अस्सी लोग बाढ़ में फंस गए थे जिन्हें जिला प्रशासन और एसडीआरएफ बिलासपुर की टीम द्वारा अभियान चलाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया अभी भी बचाव और राहत कार्य जारी है उधर जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर रिथत कुटीघाट पुल में आवागमन शुरू हो गया है कुछ दिनों पहले बाढ़ के कारण पुल की रेलिंग टूटने से आवागमन बंद हो गया था डायरिया बालोद जिले के दो गांव डायरिया की चपेट में हैं जिले के ग्राम सांगली में पचास और ग्राम चंदनबिरही में डायरिया के पंद्रह मरीज पाए गए हैं जिनका इलाज अस्थायी कैम्प बनाकर किया जा रहा है वहीं कुछ अन्य मरीजों को पलारी और गुरूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है इस बीच कलेक्टर जन्मजेय मोहबे ने डायरिया की जानकारी मिलते ही आज सुबह ग्राम सांगली पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली और डॉक्टरों को गांवों में साफ सफाई और दवाई का छिड़काव करने के निर्देश दिए डिजी पे भुगतान महासमुंद जिले के चौरासी गौठानों में सप्ताह में एक दिन डिजी पे के माध्यम से हितग्राहियों को नकद राशि के आहरण की सुविधा मिलेगी इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं जारी पत्र में कहा गया है कि जिन चौरासी गौठानों में यह सुविधा मिलेगी उनमें महासमुंद तहसील के सर्वाधिक तेईस गौठान बागबाहरा के बीस पिथौरा के पंद्रह और सरायपाली विकासखंड तथा बसना नगर पंचायत के तेरह तेरह गौठान शामिल हैं ओणम ओणम का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है फसल कटाई का यह त्यौहार लोकप्रिय राजा महाबलि की वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष ओणम सादगी से मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को ओणम की शुभकामनायें दी है

मौसम मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक मानसून द्रोणिका पश्चिम राजस्थान से लेकर मणिपुर तक स्थित है इसके असर से कल छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है बस्तर संभाग में ज्यादा बारिश होने की संभावना है

इनमें महासमुंद सहित बागबाहरा पिथौरा बसना सरायपाली और पटेवा के थानेदार शामिल हैं

उसके पास से तेरह नग हीरा बरामद किया गया है जिसकी कीमत लगभग चार लाख रूपये बताई जा रही है